भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिये एक महीने के अभियान की शुरूआत की केन्द्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने जयपुर के बोबास गांव में चारा भण्डारगृह का लोकार्पण किया

न्यूजीलैण्ड के खिलाफ पांचवा एक दिवसीय किकेट मैच जीतकर भारत ने श्रृंखला पर चार एक से कब्जा जमाया

प्रधानमंत्री ने आज जम्मू और लेह में कई हजार करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का उदघाटन किया और आधारशिला रखी

भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम के इस अभियान का शुभारम्भ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ पार्टी नेता तथा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में किया पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह भाजपा का नहीं बल्कि नये भारत के निर्माण का अभियान है

दुनिया भर से करीब एक करोड़ श्रद्वालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं मौनी अमावस्या के शाही स्नान को देखते हुए मेला क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किये गये है

इसी के साथ श्री गहलोत ने पिछले साल दिसम्बर महीने में रणथंभौर में ही बाघ हमले में मारी गई एक अन्य महिला नौरथी के परिजनों को भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रुपए की सहायता मंजूर की है

अजमेर में श्री खाचरियावास ने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार के चलते रोडवेज घाटे में रही उन्होंने कहा कि उनके पास रोडवेज के लिए दूरदर्शी योजना है जिसे जल्द ही लागू किया जायेगा

भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की ओर से आयोजित सैनिक सम्मान समारोह की शुरूआत की इससे पहले कर्नल राठौड़ ने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के बोबास गांव में चारा भंडारगृह का लोकार्पण किया इसका निर्माण सांसद निधि कोष से किया गया है समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांव में जयप्र और अजमेर के बीच शुरू हुई डेमू ट्रेन का भी ठहराव भी सुनिश्चित किया जाएगा एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में उन्होंने बच्चों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने के लिये प्रेरित किया

इसके तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा के बारे में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इस अवसर पर कल राजघाट से कार रैली शुरू होगी

प्रदेश में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कार रैली साईकिल रैली और नुक्कड नाटक सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे

पाली के सोजत से पुलिस ने आज अवैध रूप से बजरी ले जाते हुए दो ट्रेक्टर ट्रोली जब्त की लाखेरी इन्दरगढ रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी अत्यधिक भार के कारण रूक गई जिससे दिल्ली मुम्बई ट्रेक बाधित हुआ

भरतपुर सीकर धौलपुर और झुंझुनूं सहित कई स्थानों पर सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा हालांकि तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होने और शीतलहर के प्रकोप में कमी आने से कड़ाके की ठंड से राहत महसूस की जा रही हैं

सीकर में आज घने कोहरे के कारण पलसाना और अखेपुरा टोल नाके के बीच कई वाहन आपस में भीड़ गए हादसे में कई लोग घायल हो गए हमारे संवाददाता ने बताया कि कोहरे के कारण सुबह यातायात बाधित रहा

अम्बाती रायडू को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिये मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया जबकि मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द सीरिज चुना गया